अगले दौर की वार्ता चार जनवरी को

और पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी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

नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान को लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि चार मुद्दों में से दो पर बैठक में सहमति बन गई है श्री तोमर ने बताया कि पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित अध्यादेश और दूसरा बिजली कानून से संबंधित था

उन्होंने कहा कि किसान संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए इसलिए बातचीत जारी रहेगी श्री तोमर ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी के बारे में चार जनवरी को होने वाली अगली बैठक में बातचीत होगी उन्होंने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से ब्रजुर्गों महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया गया है

अब तक दो लाख छियालीस हजार तीन सौ छियासी रोगी स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मामलों में कमी आई है सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार हजार छह सौ बीस हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के चार सौ चौहत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक एक सौ संतानवे मामले पटना जिले से सामने आये हैं प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले दर्ज किये गये हैं इस बीच पटना के एम्स में अब तक एक हजार से अधिक लोगों को कोरोना के ट्रायल वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा कि टीका लगाने का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है इधर ब्रिटेन से पटना लौटे नौ लोगों को आईसोलेट किया गया है ब्रिटेन से बिहार लौटे जिन लोगों के नमूने पॉजिटिव पाये जायेंगे उन नमूनों को जांच के लिए पुणे भेजा जायेगा कल नई दिल्ली में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई जिसमें कोविड उन्नीस की वैक्सीन के आपात उपयोग को अनुमति देने पर विचार विमर्श किया गया फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है विषय विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के अतिरिक्त आंकड़ों और सूचनाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया फाइजर ने फिलहाल और समय मांगा है अतिरिक्त आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण जारी है विषय विशेषज्ञ समिति की कल फिर बैठक होगी नई दिल्ली स्थित पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड़डी ने कोरोना वायर संक्रमण से बचने के लिए लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की

उन्होंने मीडिया में चल रही पार्टी में टूट की खबरों को खारिज करते हुये कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजूट है पीएमसीएच सहित प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है स्वास्थ्य विभाग से बातचीत के बावजूद हड़ताल समाप्त करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है हड़ताली डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल आज स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात करेगा और अपनी मांगों को लेकर चर्चा करेगा इधर पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर बीपी चौधरी ने कहा है कि लगभग तीस जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आये हैं उन्होंने कहा कि काम पर लौटे डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी इस बीच पीएमसीएच स्वास्थ्य सेवा सुचारू बनाये रखने के लिए बाहर से डॉक्टर मंगवाने की सम्भावना पर विचार कर रहा है हड़ताल के कारण राज्यभर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हैं इससे मरीजों को अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज दसवीं और बारहवीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा दो हजार इक्कीस की तारीखों की घोषणा करेंगे इससे पहले शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में उन्होंने बताया था कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दो हजार इक्कीस में दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवश्यक तैयारियां कर रहा है उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाईन ही होगी आयकर विभाग ने आकलन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिये व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है अब अगले महीने की दस तारीख तक आयकर रिटर्न दाखिल किये जा सकते हैं कारोबारियों के लिए अंतिम तिथि पन्द्रह फरवरी तय की गयी है विभाग ने कोविड उन्नीस के चलते करदाताओं को हो रही समस्या के मद्देनजर यह फैसला किया है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात के तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है मौसम विभाग ने कहा है कि कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है तापमान में गिरावट के कारण प्रदेशवासी नये साल का स्वागत कनकनी के साथ करेंगे मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा घना हो सकता है साथ ही दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज किया जा सकता है रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की सम्भावना है इससे कनकनी बढ़ सकती है पिछले चौबीस घंटों में प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहा दिन में ध्रप खिली लेकिन सुबह शाम लोगों ने ठंड महसूस की इधर पटना में न्यूनतम तापमान नौ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जबकि गया में सबसे कम तापमान सात दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि अगले वर्ष लेबर ब्यूरो देशभर में प्रवासी मजदूरों की स्थिति की सर्वे करेगा इस दौरान घरेलू कामगारों और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे मजदूरों का सर्वे किया जायेगा मार्च से अक्टूबर महीने के बीच सर्वे का काम पूरा किया जायेगा प्रदेश में जल निकायों का एटलस बनाया जायेगा जिसमें जल निकायों की तस्वीर के साथ उसके बारे में संक्षिप्त परिचय और आंकड़े भी दिये जायेंगे भूमि सुधार और ग्रामीण विकास विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सूत्रों ने बताया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एटलस का प्रकाशन किया जा रहा है राज्य सरकार ने नियमों की अनदेखी के आरोप में सत्ताईस नर्सिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इन नर्सिंग संस्थानों पर तय मापदंडों और सेवा शर्तो का अनुपालन नहीं करने का आरोप है एक जनवरी से देशभर के हाई वे पर पड़ने वाले टोल प्लाजा पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जायेंगे टोल प्लाजा पर टोल टैक्स कलेक्शन फास्ट टैग के जरिये होगा जानकारी के अनुसार बिना फास्ट टैग सफर करने पर दोगुना टोल टैक्स देना होगा पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा और झंझारपुर रेलवे स्टेशन के बीच कल से एक जोड़ी डेमू सवारी गाड़ी चलायी जायेगी मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रसन्न कुमार ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस सवारी गाड़ी को चलाने का निर्णय लिया है पटना जिले के कुख्यात अपराधी रवि गोप को जेल से रिहा करने वाले फुलवारी जेल के उपाधीक्षक अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने कैदियों के रिहाई में अनियमितता बरतने के आरोप में अरविंद कुमार को निलंबित किया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि विकास योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले मुखियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने वाले बीडीओ पर कार्रवाई होगी भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एनटीपीसी के बिजली संयंत्र में पिछले दिनों फर्जी कागजात के जरिए प्रवेश करते पकड़े गए संदिग्ध युवक को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेगी भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि शेख सुमन के पास से बरामद फर्जी कागजातों की जांच की जा रही है समस्तीपुर जिले के सरायरंजन थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंक से चौंतीस हजार रुपये लूट लिये सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के जिला आपूर्ति कार्यालय से चोरों ने लाखों रुपये मूल्य की संपत्ति चुरा ली बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र से पुलिस ने नाव पर लदी शराब की करीब डेढ़ हजार बोतलों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित होने की खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार को कोरोनाकाल में बेहतर काम के लिए पुरस्कार दैनिक जागरण ने किसानों के साथ केन्द्र सरकार की वार्ता का शीर्षक लगाया है गतिरोध टूटा दो मांगों पर बनी सहमति प्रभात खबर ने सिपाही भर्ती से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है सिपाही बहाली में पकड़े गये चालीस फर्जी अभ्यर्थी दैनिक भास्कर ने अतिक्रमण से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सड़कें खाली हो नहीं पा रही केवल जुर्माना वसलने के लिए चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान इसके अलावा अखबारों ने ऑक्सफोर्ड टीका ब्रिटेन में मंजूर इथेनॉल के प्रोत्साहन से बिहार को मिलेगा लाभ हर घंटे बिहार में पकड़ी जा रही एक हजार तीन सौ इकतालीस लीटर शराब और एकमुश्त समाधान योजना से तीन सौ तेईस करोड़ रूपये की वसूली से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता मिली है

अगले दौर की वार्ता चार जनवरी को

और पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी